केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना को दी मंजूरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने को दी मंजूरी संसद का आगामी सत्र सत्रह जून से छब्बीस जुलाई तक होगा नवगठित केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने कार्यभार संभाला केन्द्र ने कल प्रधानमंत्री किसान पेंशन के नाम से एक नई योजना को मंजूरी दी है यह योजना स्वैच्छिक और अंशदान के आधार पर देशभर के सभी लघु तथा सीमांत किसानों के लिए है इस योजना के लामार्थियों की उम्र अट्ठारह से चालीस वर्ष होनी चाहिए साठ वर्ष की आय के बाद किसानों को तीन हजार रूपये की निर्धारित न्यूनतम पॅशन मिलेगी केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि केन्द्र सरकार इस पेंशन कोष में उतनी ही राशि डालेगी जितनी राशि लाभार्थी जमा करेंगे उन्होंने कहा कि पहले तीन वर्षो के दौरान पांच हजार किसानों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल की कल पहली बैठक हुई बैठक में प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें सभी किसानों को शामिल करने का फैसला किया गया इससे पहले इस योजना का लाभ दो हेक्टयर भूमि वाले किसानों को मिलता था नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि अब लगभग चौदह करोड़ पचास लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा अभी तक साढ़े तीन करोड़ किसानों को इस योजना से लाभ पहुंचा है प्रवानमंत्री किसान योजना के अन्तगर्त किसानों को तीन किस्तों में प्रतिवर्ष छह हजार रूपये दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा कोष के अन्तगर्त प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत दी जाने वाली राशि में वृद्वि को मंजूरी दे दी है उन्होंने छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि प्रति माह दो हजार रूपये से बढ़ा कर ढाई हजार रूपये और लड़कियों की छात्रवृत्ति दो हजार दो सौ पचास रूपये से बढ़ाकर तीन हजार रूपये प्रति माह कर दी है इस छात्रवृत्ति योजना के दायरे में आतंकी और नक्सली हमलों में शहीद होने वाले राज्य पुलिस के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है प्रति वर्ष राज्य पुलिस के पांच सौ बच्चों को इस छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा राष्ट्रीय रक्षा कोष के अन्तर्गत सशस्त्र बलों अर्ध सैनिक बलों और रेलवे सुरक्षा बल के शहीद कर्मियों या पूर्व सैनिकों की पत्नियों और पुत्र पुत्रियों के बीच तकनीकी और स्नातकोत्तर की रिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू किया गया है मंत्रिमंडल ने छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन की एक योजना को भी मंजूरी दे दी है इस योजना का उद्देश्य समी दुकानदारों खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है इन लोगों को साठ वर्ष की आय ्होने पर प्रतिमाह न्यूनतम तीन हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में बिम्प्टैक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना के साथ बातचीत में परस्पर दोस्ताना संबंध और मजबूत करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई दोनों नेताओं ने आतंकवाद और उग्रवाद को मानवता के लिए खतरा बताया प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द क्मार जगनॉथ से बातचीत में दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत करने का संकल्प दोहराया प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली और भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग के साथ भी ट्विपक्षीय बैठकें की प्रधानमंत्री श्री मोदी की बृहस्पतिवार को किर्गिजस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबे जीनबेकॉफ के साथ राष्ट्रपति भवन में हुई बातचीत में जीनबेकॉफ ने प्रधानमंत्री को तेरह से पन्द्रह जून के दौरान शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिजिस्तान आने का फिर निमंत्रण दिया संसद का सत्र आगामी सत्रह जून से शुरू होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह सत्र छब्बीस जुलाई तक चलेगा उन्नीस जुन को लोकसभा अध्यक्ष का चयन किया जाएगा राष्ट्रपति बीस जुन को संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण चार जुलाई को पेश किया जाएगा और उसके दूसरे दिन पांच जुलाई को केन्द्रीय बजट पेश होगा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतरश ने भारत को संयुक्त राष्ट्र का अत्यधिक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया है उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में गुतरश के इस संदेश की जानकारी दी प्रकाश जावड़ेकर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभालाने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उन्होंने लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के महत्व का उल्लेख किया और स्वतंत्र प्रेस के प्रति सरकार की प्रतिबद्वता दोहराई लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता बहत मायने रखती है और इस मूल्य को हम मानते हैं

लेकिन उसी के लिए हमने लड़ाई लड़ी प्रेस की आजादी के लिए पीयूष गोयल ने रेलवे और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पदभार संभाला मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन पर विश्वास किया है जिसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में भी कुछ योगदान दे पाऊ मेरे सीनियर क्लीग माननीय श्री सुरेरा प्रयु जी के साथ मैं वार्तालाप कर रहा था कि क्या चुनौतियां है क्या विषय हैं उनका मार्गदर्शन् उनका सहयोग और एक बड़े भाई ने नाते उनका आसीर्वाद मुझे लगातार लगभग दो दशकों से मिलता आया है रमेश पोखरियाल निशंक ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रभार संभाल लिया इस अवसर पर उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए बताया प्रधानमंत्री जी ने जो भी सोचा होगा अच्छा सोचा होगा और मेरी कोशिश है कि मैं उसको समझकर के बहुत आगे बढ़ाऊ और शिक्षा मंत्रालय अच्छा मंत्रालय है और किसी भी रीढ की हड्डी है डी वी सदानंद गौडा ने रसायन और उर्वरक मंत्री का पदभार ग्रहण किया संतोष गंगवार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय का प्रभार संभालते हुए संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वे असंगठित क्षेत्र की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने असंगठित मजदूरों के बारे में बहुत बड़े फैसले लिए थे और उनको हम लोगों ने शुरूआत करवायी थी

इससे पहले कल केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्रियों के विभागों की घोषणा कर दी गई राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और अमित शाह गृहमंत्री बने हैं नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय दिया गया है रविशंकर प्रसाद को विधि और न्याय संचार और सुचना प्रौद्योगिकी तथा हरसिमरत कौर बादल को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है थावर चंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री होंगे स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास और वस्त्र मंत्री बनाया गया है डॉ हर्षवर्धन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री होंगे विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये इस मौके पर लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयूर्विज्ञान संस्थान में आयोजित एक सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल राम नाईक ने किया श्री नाईक ने कहा कि विश्व में सत्तर लाख से ज्यादा लोग प्रति वर्ष तम्बाकू के सेवन के कारण असमय मौत का शिकार हो जाते हैं केवल भारत में तम्बाकू के सेवन से होने वाली मौतों की संख्या दस लाख प्रतिवर्ष है उन्होंने कहा कि तम्बाकू देश में राजस्व का चोत अवश्य है लेकिन तम्बाकू सेवन से होने वाले रोग का उपचार उससे कहीं ज्यादा महंगा है श्री नाईक ने कहा कि तम्बाकू सेवन के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है लखनऊ के किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के दंत संकाय के सर्जरी विभाग द्वारा तम्बाकू से होने वाले संभावित खतरों और बीमारियों के प्रति लोगों को सजग करने के लिये जन जागरूकता अभियान जिजीविषा दो हजार उन्नीस का आयोजन किया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता केजीएमयू के कुलपति प्रोफेसर एमएलबी भट्ट और दंत विभाग के डीन प्रोफेसर शादाब मोहम्मद ने की इस मौके पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्रोफेसरों ने अपने उद्बोधन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि विद्युत विभाग में उपकेन्द्र आधारित व्यवस्था का संचालन सुनिश्चित करने के लिये सभी जनपदों के जेई एसडीओ एक्सईएन को प्रशिक्षण दिलाने के लिये कार्यशाला आयोजित की जाये उन्होंने उपभोक्ताओं की सभी समस्याओं का निराकरण उपकेन्द्र पर ही किये जाने के निर्देश दिये ऊर्जा मंत्री ने कल लखनऊ स्थित शक्ति भवन मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य वितरण कम्पनियों के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति राजस्व वसूली और उपभोक्ता सेवाओं के सरलीकरण के कार्यो की समीक्षा की विद्युत विभाग के टेंडरों में अनियमितता की शिकायतों पर ऊर्जा मंत्री ने इंजीनियरों के सगे संबंधियों को ठेका संबंधी काम नहीं देने के लिये नियम में परिवर्तन का भी निर्देश दिया श्री शर्मा ने सोशल मीडिया के साथ ही अन्य माध्यमों से मिल रही लोगों की शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेने का निर्देश दिया